अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों के अवैध प्रवासियों को मिलेगी भारतीय नागरिकता उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार की सभी याचिकाएं खारिज कीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल होने के लिये कल आयेंगे कानपुर तैयारियां अंतिम चरण में प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कहा सुदूर क्षेत्रों में भी दिखने लगा बेटी बचाओ बेटी पढाओं के आह्वान का असर प्रदेश में कल शाम से हुई बूंदाबादी और वारिश से गिरा तापमान आगामी दिनों में ठण्ड और बढ़ने के आसार नागरिकता संशोधन विघेयक दो हजार उन्नीस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही कानून बन गया है आधिकारिक सूचना के अनुसार यह कानून कल राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है यह कानून पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण इक्कतीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक भारत आए हिन्दू सिख बौद्व जैन पारसी और ईसाई समुदाय के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है यह संशोधन संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट व्यवस्था के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा इनर लाइन परमिट व्यवस्था अरूणाचल प्रदेश नागालैण्ड और मिजोरम में लागू है केन्द्र सरकार ने कहा है कि घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच अंतर किया जाना आवश्यक है और नागरिकता संशोधन विधेयक किसी के भी खिलाफ भेदभाव नहीं बरतता और न ही किसी का अधिकार छीनता है नागरिक संशोधन विधेयक विगत बुधवार को राज्यसभा में पारित हुआ था लोकसभा इसे सोमवार को पारित कर चुकी भी विघेयक के पारित होने पर प्रदेश में लोगों ने खुशी जाहिर की है प्रतापगढ़ के महेश कुमार गुप्ता ने कहा लोकसभा में नागरिक संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से देश के उन सभी हिन्दू शरणार्थियों को राहत मिलेगी जो एक विदेशी की भांति देश में रह रहे थे उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में नौ नवम्बर के अपने फैसले पर पुनर्विचार की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया था प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अपने चैम्बर में इन याचिकाओं पर विचार किया और इन्हें निराधार पाया इसके साथ ही इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की संभावना भी खत्म हो गई इस पीठ में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल थे न्यायालय ने सिर्फ उन्हीं चार पक्षों की याचिकाओं पर विचार किया जो आरंभ में इस मुकदमे में पक्षकार थे इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैंसले पर पुनर्विचार के लिए कुल अट्ठारह याचिकाएं दायर की गई थीं इनमें नौ मुकदमे से संबंधित पक्षकारों की थीं जबकि नौ अन्य पक्षों की थीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर आगमन से पूर्व तैयारियां अंतिम चरण में हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए कल कानपुर आएंगे इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल तैयारियों का जायजा लेने के लिए कानपुर पहुंचे श्री योगी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के अलावा मोटर बोट से गंगा का निरीक्षण भी किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे अभियान से गंगा प्नः निर्मल और अविरल हो रही है मां गंगा की निर्मलता को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेन्द्र मोदी जी नमानि गंगे अभियान को आगे बढ़ाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा प्रारम्भ किये गये नमानि गंगे मिशन के कारण यह शीशामक नाला पूरी तरह टेप हुआ है

इस नाले में एक भी बूंद सीकर अब गंगाजी में नहीं गिर रहा हैं ऐसे दर्जनों नाले टेप किये गये है और नमानि गंगे परियोजना को सफलतापूर्वक इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि आज बेटिया शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताया श्रीमती पटेल कल बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के मेघावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया उन्होंने कहा कि सत्ताईस स्वर्ण पदक पाने वालों में चौबीस वेटियों का होना बदलते भारत में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है उन्होंने यह भी कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में वेटियों के बढ़ते प्रभाव को शोध का विषय बनाया जाना चाहिए अपने संबोधन में श्रीमती पटेल ने शिक्षा को समाज और राष्ट्र का आधार बताया उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में शिक्षा से बढ़कर कोई दूसरा सशक्त माध्यम नहीं है उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा की इस शक्ति से भलीमांति परिचित है यही कारण है कि वह शिक्षा के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है श्रीमती पटेल ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा में नवाचार और बदलाव लाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक रविवार को अनिवार्य रूप से आरोग्य मेला आयोजित किये जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिये ठोस कार्य योजना बना कर इसे शीघ्र लागू करने के लिये कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग इसके लिये नोडल विभाग होगा चिकित्सा शिक्षा और आयूष विभाग भी इसमें शामिल होंगे इन आरोग्य मेलों में डॉक्टरों की टीम उपलब्ध रहेगी और साथ ही एक सौ आठ और एक सौ दो एम्बलेंस सेवाओं की भी सुविधा होगी मुख्यमंत्री लखनऊ में अपने आवास पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्तुतीकरण अवसर पर कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जायेगा मुख्यमंत्री ने गोल्डेन कार्ड के वितरण में शीघ्रता बरतते हए इसके संबंध में कैम्प आयोजित कर कार्य करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने प्रत्येक अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जार्न के निर्देश देते हुए कहा कि एक्स रे अल्ट्रा साउंड तथा अन्य उपकरण को दुरूस्त रखा जाये जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये प्रदेश में चलाये गये दस्तक अभियान के गोरखपुर माडल को हेल्थकेयर एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय हेल्थकेयर इनोवेशन समिट में प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने यह अवार्ड प्राप्त किया इंसेफ्लाइटिस पर रोकथाम के लिये पिछले दिनों राज्य में लखनऊ सहित अट्ठारह जिलों में दस्तक अभियान चलाया गया था जिसमें खासतौर पर उत्कृष्ट कार्य के लिये गोरखपुर में संचालित दस्तक अभियान के माडल की सराहना की गई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कल शाम से शुरू हुई बूंदाबांदी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मेरठ बरेली अमरोहा मुरादाबाद गोरखपुर मऊ और बलिया में हल्की बूंदाबादी जबकि मथुरा और चित्रकूट में कल शाम तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि के समाचार हैं मौसम में आये इस परिवर्तन से आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं मौसम विभाग ने फतेहपुर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अंबेडकर नगर बस्ती श्रावस्ती प्रयागराज और आस पास के क्षेत्रों में आज सुबह तेज बारिश की संभावना जतायी है उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड ने एक मुश्त समाधान योजना को मार्च दो हजार बीस तक के लिये बढ़ा दिया गया है सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि बकायेदार किसानों को राहत पहुंचाने के लिये यह अवधि बढ़ाई गई है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने सेकेण्ड्री मुंशी मौलवी सीनियर सेकेण्ड्री आलिम कामिल एवं फाजिल परीक्षा वर्ष दो हजार बीस के परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि आज तक तथा ऑन लाइन परीक्षा आवेदन करने की तिथि सोलह दिसम्बर तक बढ़ा दी है